मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है प्रधानमंत्री के देश को दो हजार चौबीस तक पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प के कम में प्रदेश के व्यापारियों को राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास करना चाहिए उन्होंने कहा कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का उद्देश्य ही व्यापारियों का कल्याण करना है और सरकार व्यापारियों की सभी तर्कसंगत समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उददेश से सकारात्मक माहौल तैयार किया गया है और उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं श्री योगी ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए सरकार ऑन लाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करता है तो व्यापारीगण साक्ष्य के साथ अपनी शिकायत दर्ज करायें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि फेरी लगाने वालों की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही फेरी नीति लागू की जायेगी इस नीति के माध्यम से पंजीकृत फेरी वाले लाभान्वित होंगे नीति के अन्तर्गत उनके लिए पेंशन की भी व्यवस्था की जायेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा आयोग के साथ लखनऊ में कल आयोजित एक बैठक के दौरान आयोग के गैर सरकारी अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा कर तीन वर्ष किये जाने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्यों को आवास सुरक्षा और मानदेय जैसी अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये आयोग के जनपद भ्रमण का कार्यकम मुख्यालय द्वारा निर्गत किया जाये तथा जनपदों में बैठकों के दौरान जिलाधिकारी पुलिस के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग गौ सेवा के कार्यो हेतु सामाजिक संगठनों का सहयोग लेकर काम करे उन्होंने कहा कि आयोग जनपदों में यह आवश्यक रूप से देखे कि गौ संरक्षण स्थलों निराश्रित गौवंश स्थलों और गौशालाओं में गायों की उचित देखभाल की जा रही है

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि निराश्रित गौवंश की सेवा और पालन पोषण पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान तीस रूपये प्रति गौवंश प्रतिदिन के हिसाब से व्यक्ति या संस्था को परीक्षण के उपरांत प्रत्यक्ष लाभांतरण के द्वारा कर दिया जाये उन्होंने इस व्यवस्था को बुंदेलखंड क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप लागू किये जाने के निर्देश दिये

राज्यसभा ने कल इसकी मंजूरी दी लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है

उन्होंने कहा कि डेटा संरक्षण कानून और इससे संबंधित व्यापक कानून बनाए जाने के सिलसिले में दुनिया भारत की ओर देख रही है बाइट पूरा विश्व भारत के डेटा संरक्षण की ओर देख रहा है भारत समावेशी देश है भारत सुधारों और सशक्तिकरण का देश है इसलिए भारत का डेटा संरक्षण विश्व के लिए मार्गदर्शक होगा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

संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद यह जानकारी दी

प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले दो दिनों से रूक रूक कर हो रही वर्षा के चलते तापमान में गिरावट आयी है साथ ही कृषि कार्यो में भी तेजी आ गयी है कई स्थानों पर वर्षा का जल भराव होने से यातायात बाधित हो जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आकाशीय बिजली वर्षा और हवा के कारण कच्चे मकानों के धसने पेड़ों के टूटने विद्युत खम्भों और तारों के टूटने से लोगों को जन धन हानि का सामना करना पड़ रहा है मेरठ कन्नौज मैनपुरी प्रतापगढ़ आजमगढ़ कानपुर वाराणसी चंदौली बस्ती सिद्धार्थनगर मऊ हमीरपुर चित्रकूट बरेली गोरखपुर अयोध्या मिर्जापुर भदोही बलिया आरैया जौनपुर कुशीनगर सहित कई स्थानों पर आज भी वर्षा का कम जारी रहा बलरामपुर जनपद में वर्षा होने से नेपाल सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पहाड़ी नाले उफान पर हैं जिसस महराजगंज ललिया तुलसीपुर गौरा चौराहा सहित अन्य मार्गो पर आवागमन प्रभावित हो रहा है वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ाव पर है शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलिया कला में खतरे के निशान स सत्ताइस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है अयोध्या में रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले के मूल याचिकाकर्ताओं में से एक ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में आज अर्जी दाखिल की याचिकाकर्ता ने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कलोफुल्ला की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यों के मध्यस्थता पैनल को दिया गया है लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है जीएस विशारद के अधिवक्ता पी एस नरसिम्हा ने प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इस विवाद को अदालत के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है भारत पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं में कमी आई है यह जानकारी कल राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्रो श्रीपद यशो नाइक ने दी उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आवश्यकतानुसार संघर्ष विराम उल्लंघन का उचित जवाब देती रही है पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संघर्ष विराम उल्लंघन और घुसपैठ का मुद्दा उचित स्तर पर उठाया जाता है और इसके लिए हॉटलाइन फ्लैग वार्ता सैन्य कार्रवाई महानिदेशालयों की आपसी बातचीत के साथ ही दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्पर्क सूत्रों का सहारा लिया जाता है केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुणवत्ता पर जोर देने का आह्वान किया है ताकि भारत अपने उत्कृष्ट उत्पादों और सेवाओं के लिए जाना जा सके कल नई दिल्ली में स्वच्छ और सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना में अभियांत्रिकी योगदान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारतीय उत्पाद और सेवाएं पूरी दुनिया में न केवल अपनी प्रतिस्पर्धी कम लागत बल्कि उत्कृष्टता के लिए भी लोकप्रिय हो सकती हैं उन्होंने कहा कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है